छठ को देखते हुये सुरक्षा के किये गये विशेष इंतजाम

और सुधा ने सभी प्रकार के दूध और अन्य उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी की

लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जायेगा आज से भगवान भास्कर की महापूजा शुरू होगी कल सुबह उगते हुये सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जायेगा इससे पूर्व इस चार दिवसीय महानुष्ठान के दूसरे दिन कल भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रतियों का छत्तीस घंटे का निर्जला निराहार व्रत शुरू हो गया जो पर्व के समापन तक जारी रहेगा छठ को लेकर पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय हो गया है जगह जगह सुंदर सजावट की गयी है बाजार छठ की सामग्रियों से गुलजार हैं वहीं छठ गीतों से पूरा प्रदेश गुंजायमान हो रहा है छठ को लेकर जिला प्रशासन विभिन्न पूजा समितियों और स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा नदी घाट अस्थायी घाटों और सड़कों पर सफाई तथा रौशनी की विशेष व्यवस्था की गयी है गंगा कोसी गंडक बागमती सोन सहित राज्य की प्रमुख नदियों के किनारे बने घाटों पर छठ व्रती घुटने भर पानी में अर्घ्य अर्पित करेंगे हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि तालाबों पोखरों के किनारे भी घाट बनाये गये हैं व्रत कर रहे कई लोगों ने अपने घरों के बाहर तथा छतों पर भी अस्थायी जलाशय बनाकर अर्घ्य देने की तैयारी की है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि छठ के लिए फल और पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गयी है हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया कि प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और पौराणिक महत्व के इस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना के लिये अभी तक लगभग पांच लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं इधर पटना जिले में बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर मसौढ़ी अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर दुल्हिन बाजार के उलार्क शेखपुरा के तेउस सूर्य मंदिर बक्सर के राम रेखा घाट नवादा जिले के हंडिया सूर्य मंदिर गया में दक्षिणार्क सूर्य देवालय और नालंदा जिले में बड़गांव के बालार्क तथा औंगांरी गांव स्थित अंगार्क सूर्य मंदिर में आसपास के व्रतियों सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिये पहुंच चुके हैं महापर्व छठ को लेकर राज्यभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं विभिन्न घाटों पर पूलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती की गयी है प्रशासन द्वारा खतरनाक घोषित किये गये घाटों पर श्रद्धालुओं को जाने से रोकने के लिए पुलिस के जवान तैनात किये गये हैं पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विभिन्न जिलों में छह हजार अतिरिक्त बलों की तैनाती की है केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बलों की चार कम्पनियों को पटना औरंगाबाद भागलपुर और मुंगेर में तैनात किया गया है विभिन्न नदियों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मोटर बोट से गश्त कर रही हैं घाटों पर स्थानीय गोताखोरों की भी व्यवस्था की गयी है वहीं सुरक्षा के मद्देनजर तीन नवम्बर तक गंगा नदी में निजी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है महापर्व छठ के मद्देनजर पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है अशोक राजपथ पर दोपहर बाद गाड़ियां नहीं चलेंगी कारगिल चौक से दीदारगंज के बीच वाहनों का परिचालन प्री तरह से बंद रहेगा जबकि बेली रोड और दानापुर जाने वाली बसें भी गांधी मैदान नहीं जा सकेंगी इनका परिचालन पटना जंक्शन से किया जायेगा आज दोपहर दो बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक जेपी सेतु पर पटना की ओर आने वाले वाहनों का परिचालन बंद रहेगा जबकि शाम पांच से सात बजे तक पटना से वाहन नहीं जा सकेंगे औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक धार्मिक और पौराणिक स्थल देव में चार दिवसीय छठ मेला शुरू हो गया है मेले का औपचारिक उद्घाटन कल खान और भूतत्व तथा जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजकिशोर बिंद ने किया श्री बिंद ने इस अवसर पर कहा कि पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहे देव में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इसका मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण किया जाएगा आकाशवाणी पटना द्वारा आज शाम चार बजे से साढ़े पांच बजे तक छठ पर्व के सांध्यकालीन अर्घ्य का आंखों देखा हाल पटना के कलेक्टेरियट घाट और गंगा नदी के मोटर लांच से प्रसारित किया जायेगा वहीं रविवार सुबह पांच बजे से साढ़े छह बजे तक आकाशवाणी के भागलपुर केन्द्र द्वारा प्रातःकालीन अर्घ्य का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जायेगा इसे बिहार स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र प्रसारित करेंगे महापर्व छठ के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश और देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं तथा बधाई दी है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी राज्यवासियों को छठ महापर्व की बधाई दी है छठ पर्व पर बिहार आये श्रद्दालुओं की सुविधा के लिये परिवहन निगम ने दिल्ली के लिये एक और स्पेशल वॉल्वो बस चलाने का फैसला किया है यह बस चार नवम्बर से चलेगी ये जानकारी देते हुये परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि यह बस शाम चार बजे दिल्ली के लिये खुलेगी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ई पी एफ ओ ने फॉर्मल सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर के लिए एक सुविधा शुरू की है अब ये कर्मचारी स्वयं ई पी एफ ओ पोर्टल पर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर तैयार कर सकते हैं बिहार की प्रमुख डेयरी सुधा ने दूध समेत अन्य उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की है बढ़ी हुयी दरें आज से लागू हो गयी हैं विभिन्न प्रकार के दूध की कीमते औसतन दो रूपये प्रति लीटर तक बढ़ायी गयी हैं सुधा गोल्ड की कीमत पचास रूपये प्रति लीटर शक्ति तैंतालीस गाय का दूध इकतालीस टोंड दूध उनतालीस और डबल टोंड दूध की कीमत पैंतीस रूपये कर दी गयी है जबकि घी में तीस रूपये प्रति लीटर की वृद्धि ह्यी है वहीं मिठाईयों गुलाब जामुन और बालूशाही की कीमतों में भी तीस रूपये प्रतिकिलो की दर से वृद्धि की गयी है काम्फेड के अनुसार यह वृद्धि दो साल बाद की गयी है राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने प्रदेश में पैक्स चुनाव की घोषणा कर दी है इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है पैक्स चुनाव नौ से सत्रह दिसम्बर के बीच पांच चरणों में कराया जायेगा चुनाव प्रक्रिया ग्यारह नवम्बर से शुरू होगी नामांकन का कार्य छब्बीस से अठाईस नवम्बर के बीच होगा नौ ग्यारह तेरह पंद्रह और सत्रह दिसम्बर को अलग अलग जिलों में मतदान कराया जायेगा सभी चरणों में हर जिले के किसी न किसी पैक्स के लिये मतदान होना है राज्य के आठ हजार चार सौ तिरसठ पैक्सों के चुनाव में राज्य भर के लगभग सवा करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे गया जिले के कोंच के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार रंजन की पत्नी सोनी कुमारी ने आरोप लगाया है कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर उनके पति ने आत्महत्या कर ली इस बीच बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने इस मामले की सीबीआई या न्यायिक जांच कराने की मांग की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने छठ पर्व से संबंधित खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके साथ ही अलग अलग खबरों को भी स्थान दिया है हिन्दुस्तान ने लिखा है चलाऽ छठी माई के घाट भइले अरघ के बेर दैनिक जागरण की सुर्खी है दिल्ली एनसीआर बना गैस चैम्बर हेत्थ इमरजेंसी घोषित दैनिक भास्कर का शीर्षक है गंगा पथ से शीघ्र जुड़ेगा दीघा आर ब्लॉक हाईवे उत्तर बिहार से पटना पहुंचने में होगी सहूलियत प्रभात खबर ने आयुष्मान भारत योजना की रैंकिंग को पहले पन्ने पर स्थान देते हुये सुर्खी लगाया है बेगूसराय अव्वल सारण रहा फिसड्डी आज अखबार लिखता है झारखण्ड में बजा चुनावी बिगुल

छठ को देखते हये सुरक्षा के किये गये विशेष इंतजाम

और सुधा ने सभी प्रकार के दूध और अन्य उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी की